उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघ् उदयोगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी

यह कार्यक्रम काशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चम्रलों पर भी उपलब्ध रहेगा

इसमें सहकारिता और डेयरी उद्योग में भी रोजगार के अवसर दिये जायेंगे

उन्होंने कहा कि जिले में जहां जहां कोविड केयर सेंटर हैं या फिर क्वांरटीन सेंटर हैं उन जगहों पर खाने पीने बेहतर स्विधाएं दी जाएं कंटेनमेंट जोन टिहरी टिहरी जिले के तहसील कंडीसौड़ के ग्राम क्यूलागी को क्लस्टर कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हए सीलबंद कर दिया गया है

यह व्यक्ति म्ंबई से लौटा हा

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसान सम्मान योजना छोटे व्यापारियों को पेंशन करतारप्र साहिब कॉरिडोर यूएपीए एक्ट में संशोधन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य श्री मोदी ने इस कार्यकाल में किए गए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि एक साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने बेहद कठिन और ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया हा उन्होंने कहा कि पार्टी केन्द्र सरकार के कार्यो का प्रचार प्रसार प्रदेशस्तर से ब्रथ तक और ब्थ से जनता तक पहंचायेगी इसके लिये पार्टी ने प्रदेशस्तर पर पांच पदाधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया हण इसके साथ ही पार्टी की ओर से एक संकल्प पत्र भी तघ्रार किया गया ह जिसे कार्यकर्ता घर घर तक पहंचायेंगे